प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक ब्रूटा बेटी के नाम योजना शुरू मुख्यमंत्री ने नवजात बेटियों को बांटे पौधे विश्व धरोहर शिमला कालका रेल लाईन पर पारदर्शी विस्टाडोम टॉय ट्रेन शुरू प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया क्रिसमस का पर्व गिरिजाघरों में हुईं विशेष प्रार्थना सभाएं

नई दिल्ली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सहित अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए बाद में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया इस कार्यक्रम को मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया गया जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रीणी गांववासियों ने इसे देखा व सुना प्रधानमंत्री ने हिमाचल के साथ वाजपेयी जी के स्नेह को याद करते हुए कहा कि वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे उन्होंने कहा कि पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सुरंग का नाम अब अटल टनल रखा गया है इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी के हिमाचल के साथ अट्रट रिश्ते को याद करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अटल बिहारी वाजपेयी को कभी नहीं भुला पाएंगे

जयराम ठाक्र ने कहा कि योजना के तहत बेटी पैदा होने पर वन विभाग पौधा देकर सम्मानित करेगा ताकि राज्य के हरित आवरण को बढ़ाया जा सके मुख्यमंत्री ने विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शहर पुरस्कार भी प्रदान किए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

फल वितरण अटल इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज शिमला के कैंसर अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए उन्होंने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के युग पुरुष और भारत माता के सच्चे सपूत थे नगर निगम शिमला के अनेक स्थानों पर आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रिज मैदान से इसकी शुरूआत की उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों को फल व मिठाई वितरित की भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती महापौर सत्या कौंडल व उपमहापौर शैलेंद्र चौहान भी इस मौके मौजूद रहे उधर हमीरपुर जिले के टौणी देवी अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने मरीजों को फल वितरित किए केलंग में भी भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी को पुष्प अर्पित किए

भारतीय रेलवे ने क्रिसमस व नए साल के मौके पर इस पारदर्शी विस्टाडोम टॉय ट्रेन को चलाने की मंजूरी दी है

क्रिसमस क्रिसमस का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर गिरिजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है और विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया यह पर्व प्रभू ईसा मसीह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में हुई प्रार्थना सभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाग लिया उन्होंने बच्चों को उपहार बांटे और लोगों को क्रिसमस की बधाई दी राज्यपाल ने कहा कि प्रभू यीशु ने सच्चाई के लिए बलिदान दिया था और उन्होंने गरीबों की सेवा करने व प्रेम भाव का संदेश दिया

इन पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा और कूड़े से जैविक खाद बनाई जाएगी ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में मुच्छाली पंचायत के नए भवन के शिलान्यास अवसर पर यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पंचायतों को विकास के लिए करोड़ों रुपए उपलब्ध करवा रही है और यह पैसा सीधे पंचायतों के खाते में जा रहा है हेलीकॉप्टर लाहौल घाटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो गई है

लोगों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज शिमला में पोस्टर बांट कर लोगों से रैली में भाग लेने की अपील की उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से रैली को संबोधित करेंगे

उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी विभाग वैटलैंड एक्ट का हवाला देकर किसानों को गेहूं की बिजाई करने से रोक रहा है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसका शुभारंभ करते हुए युवाओं से अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया